कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड़डा ने नई दिल्ली में ये घोषणा की कांगड़ा संसदीय सीट से वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार के स्थान पर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर शिमला से वीरेंद्र कश्यप की जगह पच्छाद के विधायक सुरेश कश्यप को प्रत्याशी बनाया गया है वहीं केन्द्रीय च्नाव समिति ने हमीरपुर से अनुराग ठाकुर और मंडी से रामस्वरूप शर्मा को ही टिकट देने का फैसला लिया है इस बीच कांग्रेस पार्टी भी अपने प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए लगातार मंथन कर रही है

एक्जिट पोल निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एक्जिट पोल का प्रसारण लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान सम्पन्न होने से पहले नहीं किया जा सकता

आयोग ने कहा है कि यह नियम सभी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी लागू होगा आयोग के अनुसार चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक प्रसारण पर निगरानी रखी जाएगी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि लोकसभा चुनाव देश का सबसे बड़ा त्योहार है और इसमें युवाओं की भूमिका अहम रहेगी राजधानी शिमला के खलीणी में आज युवा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भाजपा आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है जो केवल पार्टी संबंधित मोर्चो और प्रकोष्ठों की मेहनत का स्वरूप है जयराम ठाकुर ने कहा कि युवा शक्ति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एकबार फिर देश का प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है और पार्टी प्रदेश की चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश की सरकार ने जनता के लिए धरातल पर काम किया है सम्मेलन में पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश दत्त सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस मज़बूत प्रत्याशी उतारेगी ऊना ज़िले के घालुवाल में आज पार्टी की एक बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी अग्निहोत्री ने सरकार पर प्रदेश को कर्ज में डुबोने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था भी चरमरा गई है क्षय रोग आज विश्व क्षय रोग दिवस है

इसका उद्देश्य इस रोग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है

विश्व की एक तिहाई जनसंख्या टीबी की बीमारी से ग्रसित है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में देश को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परस्पर सहयोग का लोगों से आहवान किया है सुम्मेलन सोलन में आज एक दिवसीय भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया इसमें शिमला सोलन और सिरमौर ज़िलों के भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने भाग लिया इस दौरान निर्वाचन विभाग ने ईवी एम मशीन और वीवी पैट की कार्य प्रणाली की जानकारी देने के लिए स्टॉल भी लगाया भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के निदेशक सुरेश कुमार वर्मा ने भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए चलाई गई योजनाओं की जानकारी दी एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के तहत राज्यस्तरीय शिविर आज मण्डी में शुरू हुआ इसमें प्रदेशभर के विभिन्न स्कूलों से करीब एक हजार स्वयंसेवी भाग ले रहे हैं शिविर के शुभारम्भ अवसर पर उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना एक सक्रिय कार्यक्रम है उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थी समाज के लोगों के साथ मिलकर जनहित के कार्य करते हैं

केन्द्र की प्रधान अन्वेशक देविना वैद्य ने बताया कि ये केन्द्र विशेष रूप से सेब नाशपाती कीवी मशरूम और अदरक जैसे उत्पादों के विकास के लिए कार्य कर रहा है